विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत आतंकमुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है विदेशमंत्री ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कडी कार्रवाई करनी होगी

भारत और पाकिस्तान ने प्रस्तावित समझौते के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों पर विस्तृत तथा रचनात्मक बातचीत की भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रद्वालुओं को वीजा के बिना दाखिले का सुझाव दिया और साथ ही उन्होंने गुरूद्वारा करतारपुर साहिब तक पैदल जाने की इजाजत देने की मांग भी की दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों में भी प्रस्तावित गलियारे के रेखांकन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई भारत करतारपुर गलियारे का कार्य दो पड़ाव में सम्पन्न करेगा

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई कल समाप्त की मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में बतायी जायेगी

प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये गये आई ए एस आई पी एस आई आर एस तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के एक हजार आठ सौ से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया

बैठक में चुनावों के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई

ये सभी नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड पायेंगे इन नेताओं ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चूनाव लडने के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था इस सूची में दो प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है जबकि बहुजन समाज पार्टी एनसीपी और सीपीआई जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी इसमें शामिल है

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगाराम ने कल जयपुर में मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी बैठक में बताया गया कि इसके लिये सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ मिलकर कई समितियों का गठन किया गया है इन समितियों का काम चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हो गया है ये समितियां इस तरह की खबरों पर पैनी नजर रखेगी

श्री गहलोत ने कल सीकर के लक्ष्मणगढ में चुनावी अभियान की शुरूआत करते हुए यह कहा इस जनसभा में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओ ने भाग लिया सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने वादों पर खरी उतरती आई है